आयोग ने कल एक दस्तावेज जारी कर कहा कि इससे लोगों को कम खर्च पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा आयोग ने आयुष्मान भारत योजना को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया है प्राकलन प्रदेश विधानसभा की प्राकलन समिति की दो दिवसीय बैठक कल शिमला में संपन्न हुई

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाल के वार्षिक समारोह में कल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया इस मौके उन्होंने कहा कि स्कूल में बेटियों की अधिक संख्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सही मायने में पूरा करती है धूमल ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने का आह्वान किया बैठक लाहौल स्पिति ज़िला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कल केलंग में हुई उन्होंने ज़िला के सभी बैंकों से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया उधर किन्नौर ज़िला के रिकांगपिओ में स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की बैठक उपायुक्त गोपाल चंद की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्माणाधीन विभिन्न लघु जल विद्युत परियोजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई उपायुक्त ने परियोजना निर्माता कंपनियों को परियोजना प्रभावित पंचायतों में हुए फसल नुकसान की भरपाई जल्द करने को कहा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संबंधी खबर को प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है पीएम मोदी ने जयराम का न्योता कबूला शाह के आने पर संशय पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपा एक साल का रिपोर्ट कार्ड दैनिक जागरण का शीर्षक है जयराम सरकार के जश्न में आएंगे मोदी न्यौता स्वीकारा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं धर्मशाला रैली से पहले पीएम से मिले जयराम

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल ने मांगा एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने रखी मांग छात्रवृति घोटाले पर अमर उजाला का शीर्षक है सवा लाख विद्यार्थियों का वजीफा रूका सरकार ने कहा फूलप्रूफ सिस्टम बनने पर ही जारी होगी छात्रवृति राशि

दैनिक भास्कर ने खबर दी है हिमाचल के छह आईएएस अफसरों की सीनियोरिटी दो साल तक कम हुई इसी समाचार पत्र के मुताबिक बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन की आज समीक्षा करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है कालका शिमला हैरिटेज रेलमार्ग पर दौड़ेंगी दो होलीडे ट्रेन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राइल गांधी के शिमला दौरे से जुड़ी खबर को भी अधिकतर समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है टिकट मांगने गए युवा नेता को राहल की दो दूक सर्वे से तय होंगे प्रत्याशी पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल ने लिखा है राहुल ने देखा बहन का आशियाना मौसम पर अजीत समाचार की सुर्खी है इस बार शिमला में नहीं होगी वाइट किसमस एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय खेल नगरी धर्मशाला में लिखा है कि धर्मशाला में खेल गतिविधियां बढ़ने से युवा खेलों के प्रति आकर्षित होकर नशे से दूर रहेंगे और इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा